केन्द्र की एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी करेगी कई कार्यक्रम आयोजित

हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लू के कारण बीमार होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है

इस बीच मौसम विभाग ने भीषण लू के अगले दो दिन और जारी रहने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने जोधपुर बीकानेर जयपुर भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कही कही तेज ल की चेतावनी दी है

जोधपुर बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग में इस दौरान कहीं कहीं तेज धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है

इस बीच इस बीमारी को कांबू करने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है

इस बीच उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में एक बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज बाड़मेर जिले में बायतू क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने लोगों को कोरोना बीमारी के बारे में जागरूक करने को कहा वहीं सिरोही में उपखण्ड स्तरीय क्वारेंटीन प्रबन्धन समिति की बैठक विधायक संयम लोढ़ा की मौजूदगी में हुई उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर बने हुए कोविड केयर सेंटर पर सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो और इन सेंटर्स पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए उन्होंने कहा कि बाहर से आने वैाले लोगों का पंजीकरण और स्क्रीनिंग की व्यवस्था सही हो

आज दस श्रमिक विशेष रेलगाड़िया चलाई जा रेही है बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन से आज सुबह एक श्रमिक विशेष ट्रेन बिहार के मोतीहारी के लिए रवाना हुई

इस गाड़ी से रवाना हुए श्रमिकों ने खुशी जताई और घर भेजने की व्यवस्था करने के लिए सरकार का आभार जताया

बीकानेर से कल बिहार के मध्यबनी के लिए रेलगाड़ी रवाना होगी

बस में भेजने से पहले सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई

भाजपा देशभर में इस मौके पर वर्चुअल रैलियों का आयोजन करेगी और एक हजार से अधिक ऑनलाइन बैठकें भी होगी

उन्हें कार्यालय जाते समय ट्रोले ने टक्कर मार दी थी